केन्द्र ने सभी राज्यों को दिया निर्देश पहली मई से टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी कोविड टीकाकरण केन्द्र बनाये राज्य में पिछले चौबीस घंटे में पांच हजार एक सौ बावन नये संक्रमित मिले दो हजार आठ सौ पैसठ हुए स्वस्थ्य

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा आकाशवाणी से हिन्दी में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढाने के उपायों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की बैठक में बढती मांग के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और उपलब्धता बढाने का महत्वपूर्ण फैसला किया गया केंद्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य संबंधित उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट देने का निर्णय लिया है इन उपकरणों में ऑक्सीजन कनसेन्ट्रेटर कैन्निस्टर फिलिंग सिस्टम्स स्टोरेज टैंक प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन और वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉर्पशन प्लांट ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बनाने के अन्य उपकरण शामिल हैं सरकार ने अगले तीन महीने तक कोविड वैक्सीन को बुनियादी आयात शुल्क से छूट देने का भी फैसला किया है केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पहली मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरें चरण में पंजीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केन्द्र स्थापित करने को कहा है केन्द्र ने इसके लिए निजी अस्पतालों और औद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है राज्यों को पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया में समन्वय के लिए उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड के लिए प्रौद्योगिकी और डॉटा प्रबंधन पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आरएस शर्मा ने कल इस संबंध में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गये राज्यों को उन अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा इसके मुल्य कोविन पर घोषित कर दिये गये हैं

सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके लगाए गए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि देश पहली मई से टीकाकरण के तीसरे अभियान में जुटा है

रामगढ जिले में प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रचार वाहन जिले के सुद्रवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक कर रहा है

केन्द्र सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्टरी बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को कोरोना संक्रमित स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने की अनुमति प्रदान कर दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोविड महामारी से लड़ने के लिए मंत्रालय और तीनों सेनाओं के प्रयासों की समीक्षा की श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एम अंगामुथु ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में एक दशमलव तीन लाख करोड़ रुपये का कृषि निर्यात किया गया जबकि इसके पिछले वर्ष में यह एक दशमलव एक लाख करोड रुपये था उन्होंने बताया कि कोविड महामारी ने भारत को दुनिया भर में विश्वसनीय और पौष्टिक अनाज उपलब्ध कराने का अवसर दिया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई उन्होंने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया

कल सबसे ज्यादा एक हजार छह सौ नौ संक्रमित रांची जिले में मिले वर्तमान में राज्य में संक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ कर पैंतालीस हजार पांच सौ बेरानवे हो गई है कल राज्य में एक सौ दस संक्रमितों की मौत भी हई इनमें साठ की मौत रांची जिले में हई प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालो की संख्या एक हजार आठ सौ अट्ठासी हो गई है झारखण्ड में स्वस्थ्य होने वाले मरीजों की औसत राष्ट्रीय औसत से कम होकर पचहत्तर दशमलव सात पांच प्रतिशत पर पहंच गयी है जबकि देश में मरीजों की स्वस्थ्य होने की दर तेरासी दशमलव तीन शून्य प्रतिशत है राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अब रांची और पूर्वी सिंहभूम को कोविड सर्किट बनाया गया है रांची सर्किट में निकटवर्ती जिले रामगढ़ खूंटी लोहरदगा गुमला सिमडेगा और लातेहार जिले को शामिल किया गया है वहीं पूर्वी सिंहभूम सर्किट में सरायकेला और पश्चिमी सिंहभुम जिला शामिल है इसके लिए सरकार ने टोल फ्री हेल्प लाईन नम्बर एक शून्य चार जारी किया है कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोविड सर्किट का ऑन लाइन उदघाटन करते हुए कहा कि अभी ऑक्सीजन युक्त बेड की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है सरकार द्वारा राज्य में पिछले बीस दिनों में ऑक्सीजन बेड की संख्या दो हजार पांच से बढ़ाकर दस हजार की गयी है उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने का काम लगातार सभी जिलों में किया जा रहा है सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल में कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज को कोविंड हेल्थ केयर सेंटर के रूप में स्थापित किया जा रहा है कल से यहां मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है

उपायुक्त अरवा राजकमल द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण कर वहां सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है

जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती पर देशवासियों विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने कहा कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शो से एक नई राह दिखाई इधर कोरोना संकमण से बचाव के लिए राजधानी रांची में महावीर जयंती पर आज शोभायात्रा नहीं निकाली जाएगी जैन समुदाय के लोग सभी कार्यक्रमों का घर बैठे दर्शन करें इसके लिए दिगम्बर जैन समाज की ओर से सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है आईपीएल क्रिकेट में आज दो मैच खेले जाएंगें पहला मैच मुंबई में दोपहर बाद साढ़े तीन बजे से चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चौलेन्जर्स बैंग्लौर के बीच खेला जाएगा चेन्नई में दूसरे मैच में शाम साढ़े सात बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे इससे पहले कल रात मुंबई में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को छह विकेट से हरा दिया

धनबाद जिले के लोहारबरवा स्थित धनबाद कोल्ड स्टोरेज में कल रात आग लग गई आग की चपेट में कोल्ड स्टोरेज की तीन मंजिल आ गई अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाडियों ने आग पर काबू पाया अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में बने कोविड सर्किट की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है कोविड सर्किट तैयार अब नहीं होगा ऑक्सीजन बेड का संकट रांची और पूर्वी सिंहभूम में बना कोविड सर्किट किसी एक जिले में ऑक्सीजन बेड कम पड़ा तो निकट के जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा दैनिक जागरण ने लिखा है मरीजो को मिलेगी बड़ी राहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया कोविड सर्किट का ऑनलाइन उदघाटन दैनिक भास्कर लिखता है फोन करे सरकार दिलाएगी बेड गाड़ी नही तो अस्पताल भी पहुंचाएगी कोरोना मरीजों के लिए रांची और पूर्वी सिंहभूम में कोविड सर्किट दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है कोरोना मरीजों के इलाज की केन्द्रीकृत व्यवस्था शुरू झारखण्ड कोविड सर्किट का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची और जमशेदपुर में किया ऑनलाइन उदघाटन अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाईम्स ने लिखा है दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या बरकरार उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा केन्द्र से बनाये समन्वय